जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज मण्डी जिले के करसोग में एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में रूके हुए विकास को गति देने के लिए सरकार कृतसंकल्प है

वीरेन्द्र कंवर ने अधिकारियों को विकास कायों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए

ज़िला प्रशासन ने निर्माण स्थल के साथ लगते केन्द्रीय निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों को भी क्वारंटीन करने के निर्देश दिए हैं

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऑक्सीजन थेरैपी स्टेरॉयड और समुचित देखभाल पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की है रोगियों और परिवारजन के मानसिक स्वास्थ्य परामर्श पर भी बल दिया गया है गरीब कल्याण कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज देशभर में गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हआ है लाहौल स्पीति जिले में भी पैकेज से लोग लाभ ले रहे हैं

आईटीबीपी लाहौल स्पीति ज़िले के कारगा में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने पौधरोपण अभियान चलाया संगठन के चौकी प्रभारी राजेन्द्र पाल ने बताया कि इस मुहिम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया है किसान सभा हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश में सेब बागीचों में फैल रही विभिन्न बीमारियों पर गम्भीर चिंता जताई है किसान सभा के वित्त सचिव संजय चौहान ने बताया कि सेब बागीचों में इन दिनों स्कैब असामयिक पतझड माईट और वूली एफिड जैसी बीमारियां फैल रही हैं जिनकी रोकथाम के लिए सरकार को समय रहते ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए बागवानों को समय रहते कीटनाशक और अन्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपदान पर उपलब्ध करवाने की ज़रूरत है मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं